सदन में चर्चा जारी

सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए दस प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इससे संबंधित एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विधेयक सदन पटल पर रखा उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों का आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण करना है श्री गहलोत ने कहा कि इससे देश के गरीब लोगों का उत्थान होगा और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सकेगा कांग्रेस के आनंद शर्मा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसे इस समय क्यों लाया गया है उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम चूनाव को ध्यान में रखकर यह विधेयक लायी है वहीं राजद के मनोज झा ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का विरोध करती है उन्होंने जातीय अनुपात के आधार पर आरक्षण की मांग की राज्यसभा में अभी इस विधेयक पर चर्चा चल रही है कल लोकसभा ने इस विधेयक को दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का यह प्रयास है कि हरेक गरीब व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के गरिमापूर्ण जीवन जिए और उसे सभी संभव अवसर प्राप्त हों आज महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है

हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले अन्याय की भावना खत्म हो गरीब भले ही वो किसी भी क्षेत्र का हो उसे विकास का प्ररा लाभ मिले अवसरों में प्राथमिकता मिले इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए समर्पित है प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अन्य वर्गो के आरक्षण के प्रावधान में बिना बदलाव किये सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण का लाभ देने जा रहे हैं

हमने दिखा दिया जो दलितों को मिलता है जो आदिवासियों को मिलता है जो ओबीसी को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है ये अतिरिक्त दस प्रसेंट दे करके हम सदने न्याय देने की दि शा में काम किया है हम इसका ले लेंगे हम उसका ले लेंगे ये झूठ फैलाने वालों को कल दिल्ली में पार्लियामेंट ने कल ऐसा करारा जवाब दिया है ऐसा उनके मुंह पर चोट मारी है कि अब वो झूठ फैलाने की ताकत नहीं बचेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि लोकसभा में पारित विधेयक आज राज्यसभा में भी पारित हो जायेगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण देने का फैसला सामाजिक न्याय को और मजबूत करेगा श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि इस विधेयक में धर्म और जाति से ऊपर उठकर आरक्षण का प्रावधान किया गया है उन्होंने राजद द्वारा इस विधेयक के विरोध पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पार्टी का असली चेहरा उजागर हो गया है संसद का बजट सत्र इकतीस जनवरी से शुरू होकर तेरह फरवरी तक चलेगा राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की आज हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश किया जायेगा पशुपालन विभाग ने आंध्र प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों से आने वाली मछलियों में कैंसरकारक पदार्थों के पाये जाने के बाद इसके आयात और बिक्री पर प्रतिबंध की अनुशंसा की है विभागीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को अनुशंसा भेज दी है साथ ही राज्य से मछलियों के बाहर भेजने पर भी रोक लगा दी गयी है बाहर से आने वाली मछलियों के सभी सैंपल में कैंसर कारक तत्वों की मौजूदगी पाये जाने के बाद यह कदम उठाया गया है इन मछलियों के नमूनों में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक फार्मलिन पाया गया है फार्मलिन का उपयोग मछलियों को अधिक समय तक ताजा रखने के लिये किया जाता है रोहतास जिले के कोचस थाना क्षेत्र के बहट्टिया रोड स्थित एक बगीचे में दर्जनों कौवे मृत पाये गये हैं बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर पशुपालन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मृत पक्षियों के नमूने एकत्रित किया इधर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान से पक्षियों के भेजे गये नमूने में बर्ड फ्लू की रिपोर्ट निगेटिव आयी है प्रदेश में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आज कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा और राजद विधायक फैसल रहमान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लंबी मुलाकात की भवन निर्माण मंत्री महेश्वर हजारी ने इस मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा कि यह सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी केन्द्र सरकार की श्रम नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल से बैंकिंग समेत अन्य सेवाएं प्रभावित हुई आज की हड़ताल का बैंक और परिवहन सहित कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े संगठनों ने समर्थन किया था हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि कई जगहों पर हड़ताल समर्थकों ने सड़क और रेल यातायात को बाधित किया साथ ही दुकानों को भी बंद कराया गया हड़ताल समर्थकों ने रैली निकाली और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं तीसरे दिन भी ठप रहीं जूनियर डॉक्टर अपना परीक्षा केन्द्र प्रशासन द्वारा दरभंगा से बाहर किये जाने के विरोध में हड़ताल पर हैं चिकित्सा सेवाएं ठप रहने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है परिवहन विभाग ने मुजफ्फरपूर में पदस्थापित मोटर यान निरीक्षक एमवीआई दिव्य प्रकाश के खिलाफ जांच के आदेश दिये हैं विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है दिव्य प्रकाश पर आरोप है कि उन्होंने नियमों की अनदेखी कर पुलिस द्वारा जब्त किये गये ट्रकों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया था वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र और गंगाब्रिज थाना क्षेत्र से पुलिस ने लगभग सत्तर लाख रूपये मूल्य की पांच सौ दस कार्टन शराब बरामद की है इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है मौके से दो कार और तीन मोटरसाईकिल भी जब्त की गयी है वहीं गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र के बथुआ बाजार के पास से पुलिस ने एक कार से दो हजार बोतल से अधिक शराब बरामद की है सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने मध्याहन भोजन योजना में अनियमितता बरतने के आरोप में सभी सत्रह प्रखंडों के संवेदकों का करार रद्द कर दिया है कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र के शिवरामपुर गांव से उत्पाद विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को पंद्रह किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी सुजीत को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी मुख्य शूटर गोविंद का सहयोगी है पीएमसीएच के प्रसूति वार्ड से एक महिला को बच्चा चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है पुलिस गिरफ्तार महिला से पूछताछ कर रही है हाजीपुर स्टेशन परिसर से पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवड़ा करने वाले गिरोह के मुख्य सरगना प्रिंस राज को गिरफ्तार किया है लखीसराय जिले के मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के खोखा गांव में अपराधियों ने एक घर में डाका डालकर लगभग पंद्रह लाख रूपये मूल्य की संपत्ति लूट ली वहीं दरभंगा जिले के मनिगाछी थाना क्षेत्र के कन्हौली गांव में डकैतों ने एक घर में डाका डालकर लगभग तीन लाख रूपये मूल्य की संपत्ति लूट ली और गृहस्वामी समेत दो लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र के घरवासन गांव स्थित एक ईंट भट्ठे से अपराधियों ने तीन मजदूरों का अपहरण कर लिया है पुलिस ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मधरापुर गांव से पुलिस ने कुख्यात घुंघरू समेत तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है

सदन में चर्चा जारी